केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि अगले तीन दिनों में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कोविड वैक्सीन के तीन लाख से अधिक टीके उपलब्ध करवाये जायेंगे

मौसम विभाग ने हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ मे आगामी तीन दिनों में वर्षा और आंधी चलने की संभावना जताई है कोविड संक्रमण में बढोतरी जारी है

इन तीन सरल उपायों का पालन करते हुए स्रक्षित रहें मास्क लगायें दो गज की स्रक्षित दूरी बनाये रखें बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें

उन्होंने कहा कि यह दवा इस म्श्किल समय में उम्मीद की नई किरण लेकर आई है

श्री राजनाथ ने कहा कि कोविड के खिलाफ इस लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिशा निर्देशों से सभी मुश्किलों को दूर किया जा रहा है उन्होंने कहा कि आवश्यक चिकित्सा उपकरणों ऑक्सीजन बिस्तरों और दवाओं की कोई कमी नहीं है रक्षामंत्री ने कहा कि देश में ऑक्सीजन के उत्पादन में उलेखनीय वृद्धि हई है

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने रक्षा अन्संधान एवं विकास संगठन और डॉ रैड़डीज लैब के प्रयासों की सराहना करते हथे कहा कि यह वैज्ञानिकों की इस वर्ष की कड़ी मेहनत का नतीजा है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में यह दवा काफी हद तक प्रभावी है डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि केन्द्र सरकार देश में स्वास्थ्य सम्बधी ब्नियादी ढांचे को निरंतर मज़बूत कर रही है

यह दवा केवल अस्प्तालों दवारा कोविड मरीज़ों को दी जायेगी केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से आश्वासन दिया है अगले तीन दिनों में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कोविड वैक्सीन के तीन लाख से अधिक टीके उपलब्ध करवाये जायेंगे मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड वैक्सीन के दो करोड़ रूपये से अधिक टीके उपलब्ध है

हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने कहा है कि बेहतर प्रबंधन के चलते हरियाणा मे कोविड संक्रमण के प्रसार में कमी आई है उन्होंने कहा कि तालाबंदी और कोविड उचित व्यवहार के पालन से कोरोना को काबू करने मे मदद मिली है बिजली मंद्वह आज सिरसा में चिकितसकों के साथ एक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे बिजली मंत्री ने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का प्रसार हो रहा है इसको लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह गंभीर है उन्होंने कहा कि मेडिकल किट की कोई कमी नहीं रहने दी जायेगी और गांवों में जहां भी ज्रूरत होगी मेडिकल किट उपलब्ध जायेगी

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी के दौर मे आमजन की अपेक्षाओं के अन्रूप सभी के सामूहिक प्रवासों ने कोरोना के द्वष्प्रभावों को कम किया जा सका है उन्होंने सभी चिकित्सकों से अपील करते हये कहा कि आज आपदा के इस दौरा में सभी लोग चिकित्सकों की तर फ देख रहे है उन्होंने कहा कि सभी को गरीब व अमीर का भेद किये बगैर लोगों की मदद के लिए हर समय आगे रहना चाहिए

विभाग ने अपेक्षित प्रभाव के बारे मे बताते हये कहा कि निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है और प्राने और कमज़ोर ढांचे खड़ी व कटाई वाली फसलों को न्कसान हो सकता है विभाग ने निचले इलाकों व जलभराव वालों क्षेत्रों में जाने से बचने और उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग न करने का सुझाव दिया है विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे कमज़ोर भवनों के पास न रूके और पेड़ों के नीचे शरण न ले क्योकि आंधी और तेज हवाओं के कारण बड़ी शाखायें गिर सकती है हरियाणा सरकार ने राज्य में ग्रामीण चौकीदारों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ देने का निर्णय लिया है ताकि उनकी सामाजिक स्रक्षा स्निश्चित हो सके एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि इस आशय के एक प्रस्ताव को म्ख्य मंत्री ने स्वीकृति दे दी है

पलवल जिला स्वासथ्य विभाग द्वारा आज आर्य नगर स्थित हनुमान मंदिर में श्री वैश्य अग्रवाल सभा के सहयोग से निश्ल्क टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया

यह खेप तस्करी कर अरूणाचल प्रदेश मे भेजी जा रही थी पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि प्रारंभिक जांच में खुलासा ह्आ है कि जब्त की गई शराब पर चंडीगढ़ डिस्टलरी व सिरमौर हिमाचल प्रदेश का मार्क लगा ह्आ है